श्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र देश को समर्पित किया प्रदेश में बाढ़ से हालात और बिगड़े

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल और पूर्णियां जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र का उद्घाटन किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छत्तीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे स्कूली बच्चों से बातचीत की

उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्रभाव देश के गरीब आदमी की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है

श्री कुमार ने सुपौल के वीरपुर बराज स्थित कोसी नदी के पूर्वी तटबंध का निरीक्षण किया और अधिकारियों को बाढ़ निरोधात्मक कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया साथ ही उन्होंने राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर चलाने को कहा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मुख्यमंत्री यह तीसरा दौरा है प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है सोलह जिलों की एक सौ पच्चीस प्रखंडों की एक हजार दो सौ तेईस पंचायतों की लगभग चौहत्तर लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस टीमों की मदद से राहत और बचाव अभियान जारी है अब तक पांच लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है प्रभावित क्षेत्रों में सात राहत शिविर और एक हजार तीन सौ बयालीस सामुदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है इधर सारण जिले में गड़खा प्रखंड के गलिमापुर सलेमपुर में बांध टूटने से चार पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं वहीं बनियापुर प्रखंड के पिपरा बिन टोली में धमई नदी के ट्रे सुरक्षा बांध से पानी नये इलाकों में फैल रहा है हजारों एकड़ भूमि में लगी फसल नष्ट हो गयी है छपरा रेवा एनएच सात सौ बाईस पर पानी चढ़ जाने से आवागमन बाधित हुआ है गोपालगंज जिले में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है सबसे अधिक प्रभावित बैकुंठपुर प्रखंड के पंचानवे गांवों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क लगातार पंद्रह दिनों से कटा हुआ है इन क्षेत्रों में आवश्यक सामानों की आपूर्ति बाधित हुई है सीवान जिले के सिसवन में सरयू नदी पर बने बांधों में विभिन्न स्थानों पर रिसाव हो रहा है इसके अलावा नया गांव में दहा नदी पर बना स्लुईस पुल का बांध टूट जाने से लगभग एक दर्जन गांव प्रभावित हुये हैं समस्तीपुर जिले में नून नदी का पानी नये इलाकों में प्रवेश कर रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से बाईट नून नदी में उफान से जिले के सरायरंजन और मोरवा प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं वहीं चकपहाड़ और इंद्रवारा पंचायत के लगभग पांच सौ घर जलमग्न हो गये हैं इधर वैती नून कोसी कमला करेह बागमती और बूढ़ी गंडक नदी में उफान के कारण जिले के बिथान सिंधिया हसनपुर शिवाजीनगर कल्याणपुर खानपुर विमूतिपुर सरायरजन और मोरवा प्रखंड के एक सौ पच्चीस से अधिक गांव प्रमावित हुये हैं आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है शहरी क्षेत्र के कई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं बाईट बागमती नदी का पानी शहरी क्षेत्र के कई नये मोहल्लों में प्रवेश कर चुका है जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गयी हैं लोगों को अब दैनिक जरूरत की सामानों की भी दिक्कत हो रही है इस बीच आज जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने आज बघवा में करेह नदी के सिरनियां सिरसियां बांए तटबंध का निरीक्षण किया उन्होंने अभियंताओं को क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर करवाने के निर्देश दिये आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मणिकांत झा मूजफ्फरपूर जिले में तिरहत नहर के क्षतिग्रस्त तटबंध से अठारह पंचायतें प्रभावित हुई हैं जिले की चौदह लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है

वहीं महुआ में वाया नदी का पानी कई मोहल्लों में फैल गया है सीतामढ़ी जिले में नदियों का जलस्तर कम होने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी निकलने लगा है हालांकि इन क्षेत्रों में महामारी का खतरा मंडराने लगा है पूर्वी चम्पारण और पश्चिम चम्पारण में बाढ़ की रिथति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि सेमापुर इलाके में कोसी नदी का पानी फैल गया है वहीं बरारी के कई गांवों में गंगा और कारी कोसी का पानी फैलने से सड़क आवागमन बंद हो गया है प्राणपुर के चिकनी टोला के पास महानंदा नदी का पानी फैलने से आवागमन बाधित हुआ है इधर किशनगंज सहरसा और सुपौल जिले में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है प्रदेश में कोविड उन्नीस जांच में तेजी आने के साथ ही संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है आज रिकॉर्ड तीन हजार नौ सौ बानवे नये मामले सामने आये हैं यह एक दिन की अब तक की सबसे अधिक संख्या है संक्रमितों की संख्या पचहत्तर हजार सात सौ छियासी हो गयी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक पांच सौ चौंतीस मामले पटना जिले से सामने आये हैं पटना में पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर बारह हजार सात सौ दो हो गयी है वहीं जिले में सतहत्तर लोगों की मौत हो चुकी है बेगूसराय जिले से दो सौ दस कटिहार से एक सौ तिरानवे और वैशाली से एक सौ साठ मामलों की प्रष्टि हुई है समस्तीपुर से एक सौ सैंतालीस पूर्वी चम्पारण से एक सौ उनतालीस बक्सर और रोहतास से एक सौ इकतीस एक सौ इकतीस नालंदा से एक सौ बीस भोजपुर से एक सौ उन्नीस मुजफ्फरपुर से एक सौ अठारह सारण से एक सौ ग्यारह सीवान से एक सौ सात अररिया से एक सौ छह और पश्चिम चम्पारण तथा गोपालगंज से एक सौ दो एक सौ दो मामले सामने आये हैं

अब तक राज्य में नौ लाख छियालीस हजार दो सौ अठहत्तर नमूनों की जांच हो चुकी है एक दिन में दो हजार चार सौ आठ मरीजों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर अड़तालीस हजार छह सौ तिहत्तर हो गयी है स्वस्थ होने की दर चौंसठ दशमल दो दो प्रतिशत है वहीं एक दिन में उन्नीस मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर चार सौ उन्नीस हो गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार सरकार को पटना सहित उन सभी जिलों में कोविड जांच की संख्या बढ़ाने और ट्रैकिंग पर बल देने को कहा है जहां कोरोना के मामले अधिक आ रहे हैं साथ ही मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये समीक्षा बैठक में हर सम्भव मदद का आश्वासन दिया श्री भूषण ने प्रति दस लाख की आबादी पर जांच की संख्या बढ़ाने रिपोर्ट आने में होने वाली देरी और स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा है खगड़िया सदर अस्पताल में आज मीडियाकर्मियों की कोविड जांच की गयी वहीं जिले के बेला सिमरी पंचायत में जीविका दीदियों के लिए विशेष कोविड जांच शिविर का आयोजन किया गया देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के इकसठ हजार पांच सौ सैंतीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर बीस लाख अठासी हजार छह सौ बारह हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड उन्नीस संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या चौदह लाख सत्ताईस हजार छह हो गयी है स्वस्थ होने की दर अड़सठ दशमलव तीन दो प्रतिशत है एक दिन में नौ सौ तैंतीस लोगों की मौत के साथ ही देश में कोविड उन्नीस से मरने वालों की संख्या बढ़कर बयालीस हजार पांच सौ अठारह हो गयी है एक पेड़ एक जिंदगी के नारे के साथ राज्यभर में कल बिहार प्रथ्वी दिवस का आयोजन किया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए राज्य सरकार ने वर्ष दो हजार ग्यारह से इस दिन को मनाने की घोषणा की थी वन और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में कहा कि कल राज्य भर में दो करोड़ इक्यावन लाख पौधे लगाये जायेंगे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया श्री कुमार ने पटना के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया साथ ही उन्होंने औरंगाबाद सहरसा मधुबनी भागलपुर और जमुई जिले में परिवहन कार्यालय का भी उद्घाटन किया इसके अलावा श्री कुमार ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के मुख्यालय का पटना में तथा राज्यभर में पांच सौ बस स्टॉप के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी श्री कुमार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन परियोजना के अन्तर्गत एक हजार लाभुकों के बीच अनुदान राशि तथा वाहन का भी वितरण किया

श्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र देश को समर्पित किया प्रदेश में बाढ़ से हालात और बिगड़े

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपौल और पूर्णियां जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया